राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर प्र्नगठन एकट को अपनी मंजूर दे दी है क्रूक्षेत्र सहित महाभारत से जुड़े सभी ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है मुख्य चुनाव अधिकारी अन्राग अग्रवाल ने आगामी चुनावों में अधिकारियों को मेहनत और गंभीरता से काम करने को कहा है

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर से राहल गांधी को पार्टी के प्रधान बनाये जाने की अपील की है नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हये पार्टी प्रवक्ता रण्दीप स्रजेवाला ने कहा कि कमेटी ने यह कहते हये श्रीगांधी को पार्टी का नेतृत्व करने को कहा है कि वे ही इस पद के लिए योग्य व्यक्ति है हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री गांधी के अपने निर्णय पर इन्कार के बाद कमेटी ने य्वा नेताओं के नेतृत्व वाले पांच क्षेत्रीय उप समूहों से उनका उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए विचार विमर्श श्रू किया है

इस बारे कानून और न्याय मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी की है संसद ने इसे पहले ही पास कर दिया है

इस अधिनियम के तहत द्र्घटना के एक घंटे के दौरान जीवन स्रक्षा प्रदान देने के लिए कैशलैस स्विधा का प्रावधान रखा गया है इसमें हिट एंड रन मामले में दी जाने वाली कम राशि को बढ़ाया गया है

श्री जेटली आई सी यू में भर्ती है और डाक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है श्री नायडू ने श्री जेटली के परिवार के सदस्यों से भी भेंट की स्वास्थ्य मंत्री अनिल ने पूर्व विदेश मंत्री सृष्मा स्वराज के निधन पर आज अम्बाला छावनी स्थित उनके भाई डा ग्लशन राय के निवास पर जाकर शोक व्यक्त किया अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्रीमती स्वराज के निधन से पार्टी को भारी क्षति हई है और वहीं पविार के लिए भी यह द्ख की घड़ी है उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हये कहा कि वे हमेशा उनके परिवार के साथ खड़े है हरियाणा सरकार कुरूक्षेत्र के साथ साथ महाभारत से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थ्लों को विकसित कर रही है

साथ ही शहर के बीचोबीच स्थित दोणाचार्य स्टेडियम के नवीनीकरण पर दो करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है तथा इसमें आठ करोड़ रूपये की लागत से सिंथेटिक एथलेटिकस ट्रैक का काम भी शीघ्र प्रा किया जायेगा इसके अलावा म्ख्यमंत्री गीता स्थली ज्योतिसर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छ करोड़ रूपये से स्थापित लाईट एंड साउंड प्रोजेक्ट का बीस अगस्त को उदघाटन करेंगे और उसी दिन म्ख्यमंत्री एक जन सभा भी सम्बोधित करेगी लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट के एटली हॉल मे कहल आयोहित अंतराष्ट्रीय गीता महोत्सव मे द्निया की बड़ी बड़ी हस्तियां हिस्सा ले रही है इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग मंत्री विप्ल गोयल और संस्थापक तथा गीता ममर्ज स्वामी ज्ञानानंद भी शामिल हये ब्रिटिश सांसदों की मांग पर श्रीमद भगवत गीता की यू के पार्लियामेंअ में स्थापना की जायेगी इस मौके पर ब्रिटिश सांसद श्री पोल्स स्कोली ने कहा कि गीता विश्व शांति और सदभावना के लिये एक प्ररेणादायक महान ग्रंथहै

हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी अन्राग अग्रवाल ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बधित नियमों व कानूनो में सभी अधिकारियों के अपडेट रहना चाहिए और विधानसभा च्नाव चूंकि संवदेन शील विषय है अत च्नाव प्रक्रिया से सम्बद्व सभी कामों को गंभीरता से करना चाहिए झज्जर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया सम्बधी कार्यो की समीक्षा करते हये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा कि मतदाता सूची के द्सरे प्नरीक्षण कार्य से ज्ड़ी औचारिरक्तायें जल्द प्री की जाये

उन्होंने जिला निर्वाचनकार्यालय में बने निर्वाचन गोदाम का निरीक्षण किया और च्नाव से ज्ड़ी सामग्री व स्टाक का अवलोकन भी किया हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरका ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल दौरान जन भावनाओं का आदर करते ह ये जन सेवा का दायित्व निभाया है आज सोनीपत में संकल्प पत्र संकलन वाहन को रवाना करते हये उन्होंने कहा कि प्रदेश के चहमुंखी विकास के लिए जो यात्रा भाजपा ने पांच वर्षपूर्व आरंभ की थी उसका पहला पड़ाव अक्तूबर में आ रहा है और अब अपना संकप्ल पत्र तैयार करने के लिए आमन से सुझाव लिए जा रहे है ताकि प्रत्येक हरियाणवी अपने सपनों का हरियाणा बना सके उनहोंने कहा कि ये वाहन शहीद भगत सिह मंडल नेता जी स्भाषमंडल महाराजा अग्रसेन मंडल क्षेत्रों में घूमेगा और केन्द्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दिखाने के साथ साथ आम जन से सुझाव लेगा भाट समाज सेवा समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल साकला भाट ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व केन्द्रीय ग़हमंत्री को पत्र लिखकर हरियाणा में घ्मन्त् अर्ध घ्मन्त् जनजाति में शामिल जोगी जंगम मनियार भाट रहबारी मदारी हिन्द् को घुमन्त् और अर्ध घुमन्त् जाति में शामि करने का आभार जताते हये मांग की है कि वे इन पांच जातियों को केन्द्र सरकार की योजनाओं में शामिल करें श्री साकला ने बताया कि इस कदम से इन पांच जातियों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजनीतिक उत्थान में वृद्वि मिलेगी

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार इस कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल व हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू विशेष रूप से शिरकत करेंगे समारोह में एल्म्कों कानप्र के महाप्रबंधक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष भ्रमिका निभायेंगे

प्लिस प्रवक्ता के अन्सार सिरसा एंटी नारकोटिक्स सेल भी ने गश्त के दौरान दो स्कूटी सवाओं के कब्जे से चालीस ग्राम हेरोइन बरामद की है एक अन्य मामले मे अम्बाला में प्लिस टीम ने एक व्यक्ति को डेढ़ किलो चरस के साथ काबू किया है